जैसलमेर जिले में टिड्डी दल का हमला फसलों को नुकसान की आशंका प्रदेशभर में ईद मिलाद उन नबी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

मुंबई से जयपुर आए कांग्रेस विधायकों की आज एक रिसोर्ट में बैठक हुई जिसमें विधायक दल के नेता के चुनाव और अन्य मसलों पर चर्चा हई बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के प्रभारी मलिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विधायक दल के नेता का चुनाव और किसी दल को समर्थन देने का अंतिम निर्णय हाईकमान द्वारा किया जाएगा उधर नई सरकार के गठन की रणनीति बनाने के लिए आज मुंबई में भाजपा कोर समिति की बैठक हई

मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों के बीच तकरार बनी हुई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि कस्बे में लाखों की संख्या में टिडिडयों की आवक हुई है

रैली का जगह जगह स्वागत किया गया

प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क कर रहे है प्रशासन की ओर से चुनाव के लिए विभिन्न इंतजाम किए जा रहे हैं

विभाग के निदेशक आनंद स्वरूप ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए दावा मामलों का निस्तारण किया जायेगा

पैगम्बर साहब के जीवन और शिक्षाओं की जानकारी देने के लिए जगह जगह पर मिलाद महफिलों और सीरत सम्मलेनों का आयोजन किया गया है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ईद मिलाद उन नबी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है राजधानी जयपुर में लोगों ने देश में सांप्रदायिकता और आतंकवाद के खातमे के लिए दुआ मांगी अजमेर बूंदी झालावाड सहित अन्य स्थानों पर इस अवसर पर जुलूस निकाले गये

राजधानी जयपुर के गुरूद्वारों में गुरूग्रंथ साहिब का पाठ किया जा रहा है और रागी जत्थों द्वारा गुरूवाणी और शब्द कीर्तन संगत के आयोजन हो रहे है उधर पृष्कर में चल रहे मेले में देशी विदेशी सैलानियों के लिए आज भी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है

यह राशि मिक्स मिनरल के अलावा बजरी के ठिकानों से मिली है

मामले की जांच की जा रही है

झुन्झुनू के स्वर्ण जयन्ती स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती में आज बीकानेर जिले के लूणकरणसर खाजूवाला और छतरगढ़ के साथ झुन्झुनूं जिले के चिड़ावा और मलसीसर के युवाओं ने हिस्सा लिया

दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर श्रंखला में बराबरी पर हैं पहला मैच बंगलादेश ने और दूसरा मैच भारत ने जीता है इस मैच के बाद दो क्रिकेट टैस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जायेगी